स्रक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैतालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं स्रक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

पिछले चौबीस घंटों में कोविड संक्रमण के तिरानबे हजार दो सौ उनचास नए मामले सामने आए और साठ हजार से ज्यादा लोग स्वस्थ हए इस दौरान कोविड महामारी से पांच सौ तेरह लोगों की मौत हई इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में कोविड के तीन नए मामले सामने आने से राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या आठ हो गई है राज्यभर से कल जांच के लिए एक सौ चौरानबे सैंपल एकत्र किये गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड से संबंधित म्द्दों और टीकाकरण की समीक्षा के लिए आज नई दिल्ली में उच्चास्तीय बैठक की सूत्रों ने बताया कि बैठक में कैबिनेट सचिव राजीव गावा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी के मिश्रा स्वास्थ्य सचिव राजेश भ्रूषण और नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य वी के पॉल सहित सभी उच्च अधिकारी मौजूद थे

उन्होंने देयी औप् पब्लिक स्कूल में छात्रावास का उदघाटन किया इस अवसर पर जिला उपाय्क्त सोमचा लोवांग स्कूली शिक्षा उपनिदेशक ताबिया चोबिन जिला परीषद अध्यक्ष लिखा सांगछोरे सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनीधि मौजूद थे अपने संबोधन में शिक्षा मंत्री लोगों से कोविड का टीका लगवाने और इस महामारी से बचाव के लिए मास्क लगाने के साथ ही हाथों को सेनिटाईज करने की अपील की शिक्षा मंत्री ने य्वाओं में मदाक पदार्थो के सेवन की बढ़ती लत पर नियंत्रण के लिए अभिभावको से अपने बच्चों को सही परामार्श देने और उनकी उचित देखभाल करने का आग्रह किया

इस आग द्र्घटना में आंगनवाड़ी केंद्र साम्दायिक हॉल और एक गिरजा घर के भी जलकर नष्ठ होने की खबर है हालाकि इस द्र्घटना में कोई हताहत नहीं हआ है अधिकारिक सूत्रों के अन्सार तेज हवाओं के चलने के कारण आग पर काबू पाने में म्श्किलों का सामना करना पड़ा इस गांव में क्ल तैतालीस परिवार है और प्रभावित परिवारों को विलेज चीफ के घर स्कूल और गांव के अन्य घरों में शरण दिया गया है

इस अवसर पर स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ अरुणाचल के अध्यक्ष ब्याबंग ताज और अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव तेची के अबह्रम मौजूद थे समारोह के दौरान राज्य के पर्वोतारोही ताबित सोरांग ने पर्वोता रोहण में उपयोग किये जाने वाले उपकरणों और तकनिक के बारे में जानकारी दी श्री ताज और अबह्नम ने श्री सोरांग को इस अभियान की सफलता के लिए श्भकामनाएं दी

जिला उपाय्क्त किन्नी सिंह की पहल पर सिल्क विलेज के लोगों के अथक प्रयास से इस गांव में देश के स्वच्छ विलेज दर्जा हासिल किया है गांव को हरा भरा और स्वच्छ बनाए रखने के लिए गांव का प्रत्येक व्यक्ति अपना योगदान दे रहा है और जिला प्रशासन की तरफ से भी समय समय पर उन्हें आवश्यक स्झाव और सहायता मिल रही है